प्रदेशभर में सरदार पटेल की जयंती पर रन फोर यूनिटी सहित विभिन्न कार्यकमों का आयोजन हो रहा है भाजपा और कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव के लिये प्रत्याशियों के चयन की प्रकिया जारी एक दो दिन में आ सकती हैं दोनो दलों की पहली सूचियां

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज गुजरात में लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण करेंगे

स्टेच्यू ऑफ यूनिटी राष्ट्र को समर्पित करने का समारोह सरदार पटेल को उनकी एक सौ उनचासवीं जयंती पर विशेष श्रद्दाजलि होगी इस समारोह के अनेक आकर्षण होंगे

प्रधानमंत्री विभिन्न राज्यों की मिट्टी और लौहे से स्टेच्यू के पास बनाई गई यॉल ऑफ यूनिटी का भी उदघाटन करेंगे सरदार पटेल के जीवन और कार्य को प्रदर्शित करने वाला म्यूजियम वैली ऑफ फ्लावर्स श्रेष्ठ भारतभवन और टेंट सिटी अन्य बड़े आकर्षण हैं प्रदेश में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है इस मौके पर प्रदेशभर में रन फोर यूनिटी यानी एकता के लिये दौड लगाई गई जयपुर के रामनिवास बाग से गांधी सर्किल तक रन फोर यूनिटी का आयोजन किया गया इसमें राज्य के मुख्य संचिव डी बी गुप्ता सहित वरिष्ठ अधिकारियों छात्र छात्राओं एनसीसी कैडेट्स और पुलिसकर्मियों ने भाग लिया इस अवसर पर सभी राजकीय अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रीय एकता की शपथ भी लेंगे आज जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर पुष्पांजलि कार्यक्रम भी होगा वहीं शाम को छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़ तक आरएसी पुलिस बैण्ड वादन एनसीसी स्कॉउट गाईड का मार्चपास्ट और एमजीडी स्कूल के छात्र छात्राओं का बैण्ड वादन होगा रीजनल आउटरीच ब्यूरो जयपुर द्वारा आज इस अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से भी एकता दौड़ आयोजित की गई

इस अवसर पर नई दिल्ली में शक्ति स्थल पर बड़ी संख्या में विभिन्न नेताओं ने उन्हें श्रद्वासुमन अर्पित किये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी श्रीमती गांधी की सेवाओं को याद किया प्रदेश में सात दिसम्बर को होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्तारुढ़ भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों को चयन को लेकर चल रही जोर आजमाइश के बीच प्रत्याशियों की पहली सूची एक दो नवम्बर तक आ सकती है

बैठक में सबसे पहले उन सीटों पर विचार किया जायेगा जहां उम्मीदवार को लेकर ज्यादा खींचतान नहीं है दो बार चुनाव हार चुके उम्मीदवारों को इस बार मौका नहीं देने की संभावना है पैराशूट उम्मीदवारों को भी महत्व नहीं दिया जा रहा है कल दिल्ली में चुनाव संचालन समिति की बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने उम्मीदवार चयन के बारे में अपनी राय दी बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष क्मारी शैलेजा सहित प्रदेश के सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने भाग लिया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने बताया कि सभी को सुनने के बाद आम राय से प्रत्याशियों का फैसला किया जाएगा

स्थानीय इकाई जिन सीटों पर विवाद नहीं है उनके उम्मीदवारों का पैनल दिल्ली भेज रही है भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर ने बताया कि भाजपा संसदीय बोर्ड उचित समय पर सही निर्णय करेगा राजस्थान और मध्यप्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अपराधो पर रोकथाम के लिए कल चित्तौडगढ़ में दोनों राज्यों के पुलिस महानिदेशर्को के साथ नारकोटिक्स विभाग के उच्च अधिकारियों की समन्वय बैठक में साझा सहमति बनी पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पहली बार दोनों राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के साथ साथ अन्य उच्च पुलिस अधिकारियों और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तथा नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों की हुई सामूहिक बैठक में आगामी चुनावों के दौरान वांछित अपराधियों की धरपकड़ हथियारों की खरीद फरोख्त के साथ मादक पदार्थो की तस्करी रोकने के लिए कड़े उपायों पर सहमति बनाई गई उन्होने बताया कि इसके लिए दोनों राज्यों के थाना स्तर तक सूचनाओं के आदान प्रदान और सूचना प्रोद्योगिकी का समुचित उपयोग किया जाएगा सभी अधिकारी चुनावों के बाद भी एक दूसरे के सम्पर्क में बने रहकर अपराधों पर नियंत्रण के लिए कार्य करेंगे

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव में सतर्कता बरतते हुए अमल में लाई गई है पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की जांच कर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और आयकर विभाग को भी सूचना दे दी गई है उदयपुर जिला कलक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विष्णु चरण मल्लिक ने विधानसभा चुनाव के दौरान शत प्रतिशत मतदान को लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय के स्वीप प्रकोष्ठ की ओर से चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के पर जोर दिया है उन्होंने विभिन्न विभागों कार्यालयों और संस्थाओं को इस अभियान से जोड़कर अधिक से अधिक लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिये है विभिन्न सामाजिक और गैर राजनैतिक संगठनों तथा सिविल सोसायटी की ओर से तैयार किया गया जन घोषणा पत्र जयपुर में प्रदेश के प्रमुख राजनैतिक दलों के समक्ष रखा गया

सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने बताया कि इस घोषणा पत्र में वे सभी मुद्दे शामिल किए गए हैं जो आम जनता की मूलभूत जरूरत है और इन मुददों पर सभी दलों की राय जानी गई है

श्री गहलोत ने कल जयपुर में एक बयान में कहा कि एक तरफ अवैध बजरी खनन की रोकथाम से जुड़े सरकारी अमले पर लगातार हमले किये जाने की घटनाये घटित हो रही है वहीं दूसरी ओर निर्माण कार्यो के लिये बजरी खरीदने की मजबूरी के कारण आम जनता इनके हाथों लुटी जा रही है इन हालातों के बावजूद राज्य सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है जैसलमेर और अहमदाबाद के बीच आज से हवाई सेवा शुरू हो रही है सोमवार से जैसलमेर और मुंबई के बीच हवाई सेवा शुरू हो चुकी है वहीं जैसलमेर इससे पहले जयपुर और दिल्ली से भी सीधी उड़ान सेवा से जुड चुका है जोधप्र शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण के लिए मोटरसाइकिल गश्ती दल और छेड़छाड़ रोकने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लेडी पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया गया है यह दोनों गश्ती दल आज से शहर में गश्त करेंगे पुलिस उपायुक्त मुख्यालय और यातायात गगनदीप सिंगला ने बताया कि पुलिस व्यवस्था को और मजबूती प्रदान करने के लिए मोटरसाइकिल गश्त सिग्मा और लेडी पेट्रोलिंग यूनिट शक्ति गठित की गई है पुलिस कमिश्नर आलोक वशिष्ठ आज पुलिस कमिश्नर कार्यालय से हरी झण्डी दिखाकर सभी को रवाना करेंगे सिग्मा के लिए बाइक और शक्ति को लिए मोपेड उपलब्ध कराई गई है